पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कल पाकिस्तान की संसद के संयुक्त सत्र में इसकी जानकारी दी थी गौरतलब है कि विंग कमाण्डर अभिनन्दन भारत की सीमा में घुस आये पाकिस्तानी हवाई जहाजों को रोकने के लिये गये थे इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के एक विमान को मार गिराया था हालांकि उनका विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और बाद में उन्हें पाकिस्तानी सेना ने गिरफ्तार कर लिया था सेना बयान भारतीय सेना ने कहा है कि वह क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाये रखने के लिए वचनबद्ध है और भारत उसके नागरिकों के खिलाफ शत्रतापूर्ण षड्यंत्र रचने वाली एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगी कल शाम नई दिल्ली में सेना के तीनों अंगों के संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में थलसेना के मेजर जनरल एस एस महल ने कहा की मशीनीकृत ट्कड़ियों को तैयार हालत में रखा गया है और सैनिक किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए कमर कसे हुए हैं उन्होंने राष्ट्र को भरोसा दिलाया कि सेना पूरी तरह तैयारी की हालत में है और पाकिस्तान की ओर से उकसावे की किसी भी हरकत का जवाब देने में सक्षम है अदालत सजा भोपाल में एक विशेष अदालत ने अवैध रूप से विस्फोटक रखने के आरोप में प्रतिबंधित आतंकी गुट स्ट्रडेंटस इस्लामिक मुवमेंट ऑफ इंडिया सिमी के पांच कार्यकर्ताओं को आजीवन कारावास की सजा दी है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की विशेष अदालत के न्यायाधीश न्यायमूर्ति गिरीश दीक्षित ने कल सजा सुनाई

सभी अभियुक्तों पर आठ आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है इस मामले के पांच अन्य दोषियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया निर्वाचक नामावली जिन लोगों के नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं हैं उनके लिए दो और तीन मार्च को विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है राजनैतिक दलों से इन कैंपों के आयोजन के दौरान मतदान केन्द्रों पर बीएलओ के साथ उपस्थित होकर संबंधित लोगों के नाम जुड़वाने के लिए कहा गया है नीमच से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में भी कल मतदान केन्द्रों पर विशेष शिविर आयोजित किये जायेंगे इससे पहले आज कलेक्टर सभाकक्ष में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है मतदाता जागरूकता संबंधी इस कार्यशाला में सभी एसडीएम तहसीलदार जनपद सीईओ और परियोजना अधिकारी शामिल होंगे धार जिले में भी दो दिन तक विशेष शिविरों के जरिए पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने का काम किया जायेगा दीक्षांत समारोह राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने कहा है कि विद्यार्थी शिक्षा का व्यवहारिक उपयोग देश और समाज के हित के लिये करें उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी परिवर्तन की आवश्यकता है श्रीमती पटेल ने कल ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में यह बात कही इस अवसर पर विभिन्न संकायों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को उपाधि प्रदान की गई समारोह को उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने भी संबोधित किया उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार उच्च शिक्षा का स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है

इसके पहले शौर्य स्मारक से पुलिस बैण्ड देशभक्ति गीतों की धुनों के साथ वल्लभ भवन की ओर अग्रसर होगा आज सभी जिला मुख्यालयों पर भी राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाया जायेगा

पहला पेपर तृतीय भाषा संस्कृत उर्दू मराठी बंगाली भाषा का होगा

परीक्षार्थियों को सुबह साढ़े आठ बजे तक अपने परीक्षा केन्द्र पहुंचना आवश्यक है इसके बाद किसी भी छात्र को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा

परीक्षा केन्द्रों में लगातार निगरानी के लिये उड़न दस्ता टीम गठित की गई है जिससे किसी भी प्रकार की नकल पर रोक लगाई जा सकेगी

झाबुआ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में भी आज से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही है यहां नेकल रोकने के लिए तीन उड़नदस्ते गठित किये गये हैं

जो विभिन्न परीक्षा केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे जेल प्रहरी प्रदेश में जेल विभाग द्वारा आयोजित जेल प्रहरी पदों की परीक्षा में सफल हये अभ्यर्थियों की दूसरे चरण की परीक्षा आज भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में होगी सफल अभ्यर्थी व्यवसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रपत्रों को डाउनलोड कर इस परीक्षा के लिये उपस्थित हो सकते हैं

जिनमें से आठ हजार एक सौ पचास अभ्यर्थियों को दूसरे चरण परीक्षा के लिये पात्र पाया गया है दूसरे चरण की परीक्षा में योग्य पाये जाने वाले अभ्यर्थियों में से व्यवसायिक परीक्षा मंडल अंतिम चयन सूची जारी करेगा खेल मंजूरी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कल हुई कोन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ग्वालियर में दिव्यांग खेलकृद केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है

इस केन्द्र में खेलकूद की बेहतर बुनियादी सुविधाएं होंगी और इसमें दिव्यांग व्यक्तियों की खेल गतिविधियों में भागीदारी सुनिश्चित होगी और वे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले पाएंगे इस केन्द्र की स्थापना से दिव्यांग जन में अपनेपन की भावना विकसित होगी और वे समाज से जुड़ पाएंगे इस समय देश में दिव्यागों के लिए विशेष खेलकूद प्रशिक्षण सुविधा नहीं है इस केन्द्र की स्थापना से यह कमी पूरी होगी अशंकालिक संवाददाता आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा अंशकालिक अनुबंध के आधार पर इन्दौर मंदसौर रतलाम बालाघाट मंडला और निवाड़ी जिलों में संवाददाताओं के लिये आवेदन आमंत्रित किये गये हैं अंशकालिक संवाददाता पीटीसी के लिए आवेदक के पास पत्रकारिता की डिग्री या डिप्लोमा और पत्रकारिता में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए

आवेदन पत्र आकाशवाणी भोपाल से भी प्राप्त किये जा सकते हैं

राजधानी भोपाल में कल शाम ठंडी हवाएं चलने से पारा अचानक गिर गया मौसम वैज्ञानिक योगेश श्रीवास्तव ने बताया है कि इस बार एक के बाद पश्चिमी विक्षोभ का आने का सिलसिला जारी है इस वजह से अब तक ठंड का असर बरकरार है विभाग ने आज भोपाल इंदौर उज्जैन शाजापुर विदिशा शिवपुरी दतिया सहित अनेक जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है विभाग के अनुसार अभी दो दिन तक मौसम ऐसे ही रहने का अनुमान है

इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ